उच्चतम न्यायालय ने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के बारे में एक जनहित याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ करते हुए इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था अगले सत्र से प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा परिषद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू हो जाएगी इन प्री प्राइमरी स्कूलों में तीन साल के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरूआत बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने और उनके सशक्तिकरण के लिए की है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से देश में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया अब प्रदेश सरकार की कन्या समंगला योजना इस अभियान को और बल देगी कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार बालिका के जन्म से लेकर उसके इंटरमीडिएट कक्षा में पहुंचने तक छह श्रेणियों में पंद्रह हजार रूपये की आर्थिक सहायता देगी योजना के तहत बालिका के जन्म के समय दो हजार रूपये एक वर्ष के टीकाकरण पूर्ण करने पर एक हजार रूपये कक्षा एक में प्रवेश के समय दो हजार रूपये कक्षा छह में प्रवेश के समय दो हजार रूपये कक्षा नौ में प्रवेश के समय तीन हजार रूपये और दसवीं व बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या दो वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर पांच हजार रूपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी कार्यक्रम में राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना से जुड़े वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे पौराणिक नगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव दो हजार उन्नीस के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसमें पांच लाख इक्यावन हजार दीप प्रज्जवलित कर विश्व रिकार्ड बनाया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग दो सौ छबीस करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे यह अयोध्या में तीसरा दीपोत्सव कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिभाग करेंगे

श्रद्धालुओं और लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल फिजी गणराज्य की उपसभापति एवं सांसद श्री वीना भटनागर केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री भी उपस्थित रहेंगे गौरतलब है कि अयोध्या दीपोत्सव को इसी सप्ताह सरकार ने राज्य मेले का दर्जा दे दिया है जिसके चलते मेले का सारा प्रबंधन और खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रातः से दोपहर तक भगवान श्री राम के लीला चरित्र से जुड़ी विभिन्न झांकियों सहित भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जायेगा जो रामकथा पार्क में समाप्त होगी इसमें विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार भाग लेंगे अपरान्ह रामकथा पार्क में राम सीता का हेलीकॉप्टर से प्रतीकात्मक अवतरण और भरत मिलाप के कार्यक्रम आयोजित होंगे इसके अलावा राम जानकी पूजन और श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जायेगा इसके उपरांत सरयू घाट पर मंत्रोच्चारण के साथ सरयू जी की आरती और पूजन किया जायेगा सायंकाल अयोध्या में पांच लाख इक्यावन हजार दीपों का प्रज्जवलन होगा इस अवसर पर राम की पैड़ी पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो के द्वारा रामकथा का प्रदर्शन किया जायेगा सरयू पुल से आतिशबाजी का नजारा अपने आप में अद्वितीय होगा देर शाम भारत नेपाल श्रीलंका इंडोनेशिया और फिलीपींस की रामलीलाओं का मंचन यहां दर्शनीय होगा दीपावली पंच महापवों की श्रंखला का दूसरा पर्व छोटी दीपावली आज मनाई जा रही है आज ही नरक चतुर्दशी और श्रीहनुमान जयन्ती भी मनाई जा रही है आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को काली चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जा रहा है

इसी दिन देशभर में दिपावली का त्यौहार भी मनाया जायेगा प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दीपावली का त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था आप सबको विविधता से भरे हुए भारत के विविध विविध त्यौहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये भी जरूर देखना कि दिवाली के दिनों में पटाखे वगैरह से कहीं आगजनी कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान न हो जाए आइए मिलजुल करके उमंग से उत्साह से नये सपने नये संकल्प के साथ हम त्यौहारों को भी मनाएं फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी की वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा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

ये महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती उनके सेवा समर्पण स्वदेशी स्वावलंबन सहयोग और स्वच्छता के विचारों को समर्पित है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 उच्चतम न्यायालय ने देश की समी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के बारे में एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायधीश एस ए बोबडे और एस ए नजीर की खंडपीठ ने इस याचिका के बारे में केंद्रीय कानून और न्याय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है यासमीन जुबैर अहमद पीरजादा की याचिका में महिलाओं को मस्जिदों में जाने की अनुमति देने के लिए सरकारी अधिकारियों और मुस्लिम संस्थाओं को निर्देश देने की अपील की गई है इसमें कहा गया है कि ऐसा ना किया जाना विभिन्न ब्नियादी अधिकारों का उल्लंघन है प्रदेश भर में कल धनतेरस का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया इसे धनवंतरि त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस में सोना चांदी या अन्य धातु खरीदने की परंपरा है दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है इस दिन घर में धन या सम्पत्ति का आना बहुत शुभ माना जाता है गांवों में आय का मुख्य च्रोत मवेशी होने की वजह से गांवों में मवेशियों को सुशोभित किया जाता है और किसानों द्वारा उसकी पूजा की जाती है

इससे पहले की सूची में भारत एक सौ नबे देशों में सतहत्तरवें स्थान पर था व्यापार सुगमता संबंधी दो हजार बीस की रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत में किए जा रहे सुधारों के प्रयासों की सराहना की है रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापार सुगमता के दस में से सात संकेतकों में सुधार किया है और बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों के बहत करीब पहुंच गया है